उन्होंने कहा कि इससे लोगों को देश को बेहतर बनाने में योगदान की प्रेरणा मिलेगी कल नई दिल्ली में अपने आवास पर केन्द्र सरकार के सभी सचिवों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बात कही

उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए इस संदर्भ में स्पष्ट प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय से लोगों का जीवन सुगम बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा

निवेशक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों जर्मनी व नीदरलैंड के दौरे पर हैं वे कल जर्मनी के फ्रेंकफर्ट पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ हैं मुख्यमंत्री आज व कल जर्मनी में रोड शो में हिस्सा लेंगे और वहां के निवेशकों को धर्मशाला में होने वाली इन्वैस्टर मीट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे इस दौरान वहां मौजूद भारतीय मूल के उद्योगपतियों के साथ हिमाचल में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी

प्रशिक्षण कार्यकम स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मददगार साबित होगी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कृषि में रसायनों व कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से अधिक बीमारियों पनप रही है जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक चुनौति है विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद को भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेली के इस अभियान से जोड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा

अन्य निचले ज़िलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे दोपहर के समय लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी तापमान में वृद्धि के चलते गर्मी बढ़ गई है भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पड़ौसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रूख कर रहे हैं मौमस विभाग ने आज व कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है ऊना में तेरह शिमला में चार साल बाद रिकॉर्ड गर्मी

आपका फैसला की एक खबर है आठ माह बाद बहाल हुआ दिल्ली लेह मार्ग मुख्य अधीक्षक रेजीडेंस का ताला खोलकर सुजानपुर बाल आश्रम से भाग गए चार बच्चे शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है नहीं थम रहा बच्चों के भागने का सिलसिला निवेश की संभावनाएं तलाशने जर्मनी पहुंचे मुख्यमंत्री पंजाब केसरी की एक खबर है

प्रदेश में पंचायतों का होगा पुनर्गठन शीर्षक से आपका फैसला लिखता है प्रदेश सरकार सर्वे और जनसंख्या के आधार पर तैयार करेगी खाका जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पंचायतों का पुनर्गठन करेगी हिमाचल सरकार अमर उजाला की एक खबर है चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की सिफारिश इसी पत्र के अनुसार टेक्नोमैक ने आयकर के भी डकारे आठ सौ करोड़ इनकम टैक्स विभाग की जांच में हुआ खुलासा सीआईडी को दी जानकारी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

नमस्कार